आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें

बजट में आत्मनिर्भर भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है इसके लिए छह प्रम्ख क्षेत्रों पर जोर दिया गया है ये हैं स्वास्थ्य एवं कल्याण भौतिक और वितीय पूंजी और अवसंरचना आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास मानव संसाधन में नवजीवन का संचार नव परिवर्तन अन्संधान के साथ ही विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन वित्तमंत्री ने बजट अन्मानों में पूंजीगत बजट में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है

सड़क और राजमार्ग ढ़ांचे में बढ़ोतरी के लिए बजट प्रस्तावों में नये आर्थिक कॉरीडोर बनाने की घोषणा की गई है सरकार मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार और सिटी बस सेवा में बढ़ोतरी के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास करेगी

बजट में उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत सरकार ने इसमें एक करोड़ और परिवारों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है इस बजट में स्वास्थ्य और कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है

वित्त मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन शहरी श्रू किया जाएगा

आवश्यकता होने पर अधिक राशि देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उदयमों के कार्यनीतिक विनिवेश की नीति मंज्र की है सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम का इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ भी लाएगी

पश्पालन डेरी और मछली उदयोग को ऋण प्रदान करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जायेगा ग्रामीण ढांचा विकास कोष के लिए आवंटन तीस हजार करोड़ से बढ़ाकर चालीस हजार करोड़ रूपये करने की भी घोषणा की गई है कृषि विपणन में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा स्निश्चित करने के लिए सरकार ई नैम के साथ एक हजार और मंडियों को एकीकृत करेगी

सरकार ने देश के करदाताओं और अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए प्रत्यक्ष कर प्रणाली में अनेक सुधार किए हैं

बजट रिएक्शन डॉ निशंक केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरिदवार सांसद डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि आज पेश किया गया आम बजट प्रे देश के विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है उन्होंने कहा कि इसके प्रावधान शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे उन्होंने कहा कि बजट में की गई घोषणाएं शिक्षा तंत्र को भविष्य के लिए तैयार करेंगी बजट रिएक्शन सीएम म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में बहत ही समावेशी बजट प्रस्तुत किया गया है

इस बजट को सभी देशवासियों की आकांक्षाओं का बजट कह सकते हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोग्नी करने की दिशा में भी अनेक प्रावधान किए गए हैं

उद्योगपति अशोक विंडलास ने आम बजट को संत्लित बताया है आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि बजट भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है

उन्होंने कहा कि बजट से जनता को काफी उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हुईं उन्होंने कहा कि इस बजट में केवल उन्हीं को लाभ पहुंचाया गया है जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं

बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि सभी योजनाओं को ग्णवत्ता पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाये उन्होंने सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये कि जो योजनाएं निदेशालय द्वारा बनायी जाती हैं उनकी लगातार देख रेख की जाए

केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को दिए जा रहे प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि अर्ध सैनिक बल के जवान अपने आपको क्म्भ मेला इयूटी के लिए मानसिक और वैचारिक तौर से तैयार कर सकें झांकी कलाकार मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ दिल्ली में उत्तराखण्ड की झांकी में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया राजपथ पर उत्तराखण्ड राज्य की ओर से केदारखण्ड की झांकी प्रस्तुत की गई थी झांकी को देश में तीसरे स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया

सोलर प्लांट बीएचईएल हरिदवार स्थित भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बीएचईएल ने अपने ऊर्जा की खपत संबंधी खर्चो को कम करने के लिए सोलर प्लांट लगाकर आर्थिक बोझ को कम करने का प्रयास किया है बीएचईएल हरिदवार के कार्यपालक निदेशक संजय ग्लाटी ने इस बात की जानकारी दी